मुख्यमंत्री ने लखनऊ में उद्योगपतियों के साथ बैठक कर उन्हें छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए दिया न्यौता

प्रदेश में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कल शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की दवा प्रधानमंत्री बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केन्द्रीय बजट किसानों और कामगार वर्गो के कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है पश्चिम बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही देश के इतिहास में पहली बार किसानों और कामगारों के लिए बहत बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है

प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह किसानों के ऋण माफ करने के झूठे दावे कर रहा है उन्होंने कहा कि ऋण माफी की राजनीति किसानों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है

इस वर्ष होने वाले आम चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल के राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ दो दिन के विचार विमर्श के बाद कोलकाता में पत्रकारों से बातचीत में श्री अरोड़ा ने कहा कि हमारे देश में दो दशक से अधिक समय से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हो रहा है और राजनीतिक दलों को निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं के बाद अपनी प्रतिक्रिया देने और आशंकाएं व्यक्त करने का अधिकार हैं सीबीआई निदेशक मध्यप्रदेश काडर के उन्नीस सौ तिरासी बैच के आईपीएस अधिकारी ऋषिकुमार शुक्ला को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है उनका कार्यकाल दो वर्ष का होगा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति ने श्री शुक्ला की नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है श्री शुक्ला मध्यप्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक रह चुके हैं मुख्यमंत्री उद्योगपति बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य खनिज वनप्राकृतिक मानव संसाधन और अधोसंरचना से समुद्ध है राज्य में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण और औद्योगिक विकास की व्यापक संभावनाए मौजूद हैं श्री बघेल ने आज उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ में औद्योगिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों के साथ चर्चा के दौरान यह बात कही मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से छत्तीसगढ़ में औद्योगिक संभावनाओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए राज्य की नई औद्योगिक नीति तथा खाद्य प्रसंस्करण नीति के संबंध में सुझाव आमंत्रित किए मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को छत्तीसगढ़ में निवेश अध्ययन के लिये आने का न्यौता भी दिया मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से कहा कि छत्तीसगढ़ में लोहा और कोयला पर आधारित उद्योग के अलावा अन्य उर्द्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है विशेष कर कृषि उद्यानिकी और वन पर आधारित प्रसंस्करण इकाईयों को लगाने पर जोर दिया जा रहा है राज्य में आईटी हेल्थ कृषि से संबंधित उद्योग लगाए जाने के लिए पर्याप्त संसाधन है छत्तीसगढ़ में देश के अन्य राज्यों और महानगरों से आवागमन की अच्छी सुविधाएं हैं शहरी समृद्धि उत्सव पखवाड़ा राष्ट्रीय शहरी आजाविका मिशन के तहत फरवरी के पहले पखवाड़े को शहरी समृद्धि उत्सव पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है यह पखवाड़ा पन्द्रह फरवरी तक चलेगा नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवक्मार डहरिया ने बताया कि शहरी गरीब मध्यम और वंचित निर्धन परिवारों को विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए यह पखवाड़ा मनाया जा रहा है इसका उद्देश्य महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना है मिशन के माध्यम से शहरी गरीब परिवारों वंचितों और छूटे हये परिवारों को मिशन की गतिविधियों से जोड़ा जायेगा पखवाड़े के दौरान रोजगार मेला और समूहों द्वारा उत्पादित सामग्रियों की प्रर्दशनी का आयोजन किया जा रहा है विधानसभा बजट सत्र छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आगामी आठ फरवरी से आठ मार्च तक चलेगा बजट सत्र को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं मुख्य सचिव सुनील कुमार कुजूर ने इस सिलसिले में मंत्रालय में अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की बैठक में उन्होंने अधिकारियों को विधानसभा की कार्यवाहियों के क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश दिए मुख्य सचिव ने विधानसभा सत्र के दौरान विभागीय अधिनियमों के निर्धारण या संशोधन के प्रारूप समयपूर्व उपलब्ध कराने और विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति नियमित रूप से सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए स्वास्थ्य मंत्री सुपेबेड़ा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा का दौरा कर किडनी की बीमारी से प्रभावित मरीजों से मुलाकात की इस दौरान श्री सिंहदेव ने सुपेबेड़ा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा की उन्होंने कहा कि तेल नदी से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा साथ ही किडनी प्रभावित गंभीर मरीजों के इलाज के लिए राज्य सरकार की ओर से हरसंभव प्रयास किए जाएंगे पल्स पोलियो टीकाकरण प्रदेश में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कल शुन्य से पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी इसके लिए विभिन्न स्थानों पर पोलियों ब्रथ बनाए गए हैं जहां सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक पोलियो की खुराक दी जाएगी वहीं चार और पांच फरवरी को घर घर जाकर छूटे हए बच्चों को पोलियो की खुराक देने की व्यवस्था की गई है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में संबंधित अधिकारियों को टीकाकरण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए निगरानी और पर्यवेक्षण का जिम्मा सौंपा गया है माओवादी म्ठभेड़ सुकमा जिले में आज माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में एक महिला माओवादी के मारे जाने की खबर है वहीं एक अन्य महिला माओवादी इस मुठभेड़ में घायल हुई है जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है मिली जानकारी के मुताबिक जिले के पुसवाड़ा कैम्प से सुरक्षा बलों के जवान गश्त पर निकले थे इस दौरान रेंगेगुड़ा इलाके में घात लगाए माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की इसके बाद माओवादी जंगल का फायदा उठाकर भाग गए मुठभेड़ के बाद दो महिला माओवादियों को पकड़ा गया जिन्हें गोली लगी हुई थी इन महिला माओवादियों को इलाज के लिए अस्पताल लाया जा रहा था इस दौरान एक महिला माओवादी की मौत हो गई वहीं इसी जिले में कोंटा थाना क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने दो माओवादियों को विस्फोटक सामग्रियों के साथ गिरफ्तार किया है इनमें से एक पर एक लाख और दूसरे माओवादी पर दो लाख रूपए का इनाम घोषित था ईओडब्ल्यू चिप्स जांच राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने आज लगातार तीसरे दिन छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी चिप्स के दफ्तर में दबिश दी इस दौरान कम्प्यूटरों और दस्तावेजों की पड़ताल की गई ईओडब्ल्यू की टीम चिप्स में कथित रूप से हए टेंडर घोटाले की जांच कर रही है गौरतलब है कि पिछले दिनों भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट में चिप्स में साढ़े चार हजार करोड़ रूपए के कथित घोटाले की बात सामने आई थी इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले की जांच कराए जाने की घोषणा की थी जांच का जिम्मा पुलिस महानिरीक्षक एसआरपी कल्लूरी को सौंपा गया है ईओडब्ल्यू तीन महीने में जांच प्ररी कर अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेगा जिले की चिट़ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजे जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित किया जाएगा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 इस बार के अंक में जांजगीर चांपा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी फटबॉल चैंपियनशिप भिलाई में नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर संतोष ट्रॉफी ईस्ट जोन क्वालीफाइंग राउंड के अंतर्गत आज खेले गए मैच में छत्तीसगढ़ टीम ने झारखंड को दो एक गोल से हराकर पहला मैच जीत लिया छत्तीसगढ़ की ओर से कप्तान सुमन भूआर्य ने दो गोल किए सात फरवरी तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में कल तीन फरवरी को पश्चिम बंगाल और बिहार के बीच मैच खेला जाएगा आर्द्र भूमि दिवस आज विश्व आई्र भूमि दिवस है इसका आयोजन दो फरवरी उन्नीस सौ इकहत्तर को कैस्पियन सागर के तट पर स्थित ईरानी शहर रामसर में नम भूमि के बारे में प्रस्ताव पारित किये जाने की स्मृति में किया जाता है इस अवसर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने अपने संदेश में विभिन्न मंत्रालयों और केन्द्र तथा राज्यों के बीच आई भूमि संरक्षण के कार्य में तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया है उन्होंने कहा कि हमारे देश में शहरीकरण के चलते आर्द्रभूमि लगातार खत्म होती जा रही है जो चिंता का विषय है संक्षिप्त समाचार पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्वर्गीय दाऊ चन्द्रलाल चन्द्राकर की चौबीसवीं पृण्यतिथि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भिलाई तीन में स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की